मौसम विभाग ने राज्य में इस बार मॉनसून सामान्य रहने की जताई संभावना

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश निवेश के लिए एक आदर्श गंतव्य बना है और कुशल श्रम शक्ति मौजूद है जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार सभी क्षेत्रों में निवेश के लिए औद्योगिक नीति के तहत आकर्षक प्रोत्साहन दे रही है

मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र की उपस्थिति में सोलन जिले के कंडाघाट मंडी जिले के जंजैहली कोलडैम और धर्मशाला में महिन्द्रा रिज़ॉर्ट में निवेश के लिए ये समझौता हुआ उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी इस मौके मौजूद रहे

कल शाम मुंबई में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोगों से भेंट की और प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की मुकेश अंबानी ने धर्मशाला में रिज़ॉर्ट स्थापित करने की भी इच्छा जताई मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा कि सरकार निवेश के इच्छ्क उद्यमियों के लिए अनेक सुविधाएं प्रदान कर रही हैं

उन्होंने कहा कि इससे हिमाचल के लोगों को मुंबई प्रवास के दौरान सुविधा मिलेगी फड़नवीस ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार इसके लिए हिमाचल सरकार को उपयुक्त स्थान प्रदान करेगी

शिमला के पोर्टमोर स्कूल में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों का अध्यापकों के प्रति सम्मान व श्रद्धा बढ़ाने के उद्देश्य से ये निर्णय लिया जाएगा

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार टेली मैडिसन परियोजना के माध्यम से भरमौर किन्नौर और सिराज जैसे दुर्गम क्षेत्रों में लोगों को विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं दे रही हैं

उन्होंने अध्यक्ष बनने पर उन्हें शुभकामनाएं दीं

ऊना में आज भाजपा की एक बैठक में उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं

इनमें हिमाचल में बहने वाली सतलुज ब्यास व रावी और जम्मू कश्मीर में बहने वाली चिनाब और झेलम नदियां शामिल हैं

वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेते हुए कहा कि इन नदियों के पुनर्उद्वार से भविष्य में सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे

बैठक में समिति के सदस्य विक्रमादित्य सिंह इंद्र सिंह व पवन नैय्यर ने भाग लिया समिति ने कांगड़ा मंडी और शिमला ज़िले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में ई निर्वाचन क्षेत्र प्रबंधन प्रणाली के संबंध में कार्यशाला लगाई जाएगी

इस बीच ऊना ज़िले के लोगों में इस कार्यक्रम को लेकर खास उत्साह है विशेषरूप से बच्चों का कहना है कि प्रधानमंत्री के विचार सुनकर उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है

विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले चार पांच दिन मॉनसून पूर्व की छिटपुट वर्षा होती रहेगी